चमोली का राजकीय उद्यान कोठियालसैंण बनेगा हॉर्टि टूरिज्म का स्थल

यह जानकारी काबीना मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने हरिपूरा बौर जलाशय में एक प्रेस वार्ता में दी उन्होंने कहा कि हरिपुरा बौर जलाशय खबसरत स्थल है जिसका उपयोग प्रदेश हित में करना जरूरी है उन्होंने कहा भविष्य में हरिपुरा बौर जलाशय पर्यटन के क्षेत्र में बहत आगे जायेगा श्री पांडे ने कहा इस क्षेत्र के विकास के लिए जलाशय को ट्ररिज्म डेस्टिनेशन के लिए चुना गया है उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में हरिपुरा बौर जलाशय पर्यटन का बड़ा हब साबित होगा यहां पर्यटकों की संख्या बढेगी तो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढें गे

इनके संवर्द्वन और पनरुद्वार के लिए जल निगम जल संस्थान और स्वजल परियोजना विभाग कार्य कर रहा है विभाग द्वारा यह संदे ा दिया जा रहा है कि जल संरक्षण न केवल वर्तमान दौर के लिए आवश्यक है बल्कि सुनहरे भविष्य के लिए भी बहत जरूरी है केन्द्र सरकार के जल संरक्षण अभियान के तहत जलस्रोतों के संरक्षण और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा जल संरक्षण और परंपरागत चोतों के संवर्द्वन के लिए रथ के माध्यम से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी किए गए

जल संरक्षण के लिए बागेश्वर में नगर पालिका भी नदियों को स्वच्छ रखने के साथ ही लोगों को जागरूक कर रही है इसके अब अच्छे परिणाम आने लगे हैं वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार चाहती है कि लोगों विशेष रूप से मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के हाथ में धन रहे नई दिल्ली में आम बजट पेश करने के बाद कल संवाददाताओं को संबोधित करते हए वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार आयकर प्रक्रिया को आसान बना कर अनुपालन बढ़ाना चाहती है श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार को उपभोक्ता मांग निजी निवेश और सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय घाटे के लक्ष्य को आधा प्रतिशत कम करना पड़ा उन्होंने कहा कि यह निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन के उल्लंघन के बिना राजस्व पर और दबाव नहीं डाला जा सकता था श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कॉरपोरेट कर में कटौती और नयी कंपनियों को लाभ तथा वस्तू और सेवा कर संग्रह में सुधार से राजस्व बढ़ेगा सीएम आईटी सलाहकार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के आईटी सलाहकार रविन्द्र दत्त ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करने के लिए उत्तराखण्ड आईटी क्षेत्र के अग्रणी राज्यों में लगातार आगे बढ़ रहा है कल देहरादून में आईटी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में रविन्द्र दत्त ने कहा कि वो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग कर शासकीय कार्यों को समयबद्वता और पारदर्शिता के साथ पुरा कराने में सहयोग करेंगे साथ ही आईटी का बेहतर उपयोग कर मुख्यमंत्री के ई गवर्नेस ई ऑफिस और सीएम हेल्पलाइन जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में सक्रिय सहभागिता करना उनकी प्राथमिकता है मुगल गार्डन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंगलवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में वार्षिक उद्यानोत्सव का उद्घाटन करेंगे

शांति और खुबसूरती के लिए लोकप्रिय मुगल गार्डन में ट्यूलिप फूल आकर्षण का केंद्र रहते हैं

मुगल गार्डन में आने के लिए लोग राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं

लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी ने अपने शानदार सैन्य करियर में चार दशकों के दौरान भारत और विदेशों में कई महत्वपूर्ण कमान की जिम्मेदारी संभाली वो पश्चिमी सेक्टर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक बटालियन के कमांडर रहे उनके पास देश के सभी इलाकों में परिचालन और सेवा का व्यापक अनुभव है समर्पित और विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक अति विशिष्ट सेवा पदक विशिष्ट सेवा पदक और बार से सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सेना कमांडर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है

कैबिनेट सचिव ने भी स्वास्थ्य नागरिक उड्डयन वस्त्र औषधि निर्माण स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय के सचिवों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से आसानी से बचा जा सकता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि लोगों को कुछ उपायों का पालन विशेष रूप से करना चाहिए कोरोना वायरस वायरल इंफेक्शन है जो ड्रोपलेट इंफेक्शन से फैलता है कोई खांसता है तो उसके खांसने के जो ड्रोपलेट्स है उनको जब द्सरा इंसान इनहेल करता है तो वो सांस की नली में पहुंचने से इंफेक्शन करता है कोरोना वायरस से बचना है तो दो तीन चीजें बहत जरूरी हैं किसी मरीज को खांसी हो तो टिशू या रूमाल का इस्तेमाल करें इसके बाद उसको अच्छी तरह से धोए या डिस्पोज ऑफ करे नियमित तौर पर हाथ धोये जिस व्यक्ति को इंफेक्शन और जुकाम नजला या खांसी हो उसे औरों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए कोरोना वायरस टिहरी कोरोना वायरस को लेकर टिहरी जिले में भी प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती जा रही है जिला अस्पताल बौराड़ी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरेंद्र नगर में सात सात बिस्तर के आइसोलेशन वॉर्ड बनाए गए हैं साथ ही डॉक्टरों की टीमें गठित की जा रही है टिहरी की मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ मीनू रावत ने बताया कि अभी तक जिले में कोरोना वायरस का कोई मरीज नहीं है जिला चिकित्सालय बौराड़ी के अधीक्षक डॉ अमित राय ने बताया कि इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है जिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां हैं व्रहान विशेष उडान चीन में कोरोना वायरस ग्रस्त वुहान से तीन सौ तेईस भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की दूसरी विशेष उड़ान आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर पहची इस उडान में मॉलदीव के सात नागरिक भी सुरक्षित भारत पहच गए हैं एयर इंडिया की पहली विशेष उड़ान के जरिए कल चीन से तीन सौ चौबीस भारतीयों को लाया गया था

इस बीच केरल में कोरोना वायरस के संक्रमण के एक और मरीज की पुष्टि हुई है इससे पहले भारत में इस वायरस के एक अन्य मरीज की पृष्टि भी केरल में हई थी हॉर्टी दूरिज्म चमोली के राजकीय उद्यान कोठियालसैंण को हॉर्टी दूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा

इसके अलावा अच्छी प्रजाति के गेंदा और दयलिप फल की नर्सरी भी तैयार की गई है वहीं दो नाली भूमि पर राई बीज तैयार किया जा रहा है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि पर्याप्त भूमि और हॉर्टी दूरिज्म की सम्मावना को देखते हुए उद्यान को और विकसित करने के निर्देश दिए गये हैं जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यान का भ्रमण करने वाले किसानों काश्तकारों विद्यार्थियों और पर्यटकों को यहां पर तैयार की जा रही विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी दी जा रही है उन्होंने बताया कि यहां पर स्कूली बच्चे विज्ञान को व्यावहारिक तौर पर समझ सकें इसके लिए साइंस पार्क भी बनाया जा रहा है

योजना शुभारंभ रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से उत्तराखंड समेकित सहकारी विकास योजना के तहत भेड़ बकरी पालन का रुद्रप्रयाग जिले से शुभारंभ किया गया है इस मौके पर विधायक भरत चौधरी ने बताया कि इस योजना में राज्य के सभी भेड़ ैऔर बकरी पालकों को इसमें भाामिल किया गया है

लाभार्थियों को अन्य सूविधाएं भी दी जा रही हैं फिट इंडिया बाल दौड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आज देहरादून के परेड मैदान स्थित स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स में बाल दौड़ आयोजित की गई